देशमर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं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 विविधता में एकता का महत्व दर्शने के लिए इस समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है मुख्य समाधि नौ चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आक़ति में बनी है नौ की संख्या का बड़ा महत्व है जो नवरस नवरात्रि और नवग्रहों को भी दर्शाती है नौ वर्गो को कमल की पंखुडियों के रूप में संजोया गया है समाधि का निर्माण केन्द्रीय लोक निरमाण विमाग ने दस करोड़ रुपये की लागत से किया है और निर्माण का पूरा खर्च अटल स्मृति न्यास समिति ने उठाया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संवेरे उनकी समाधि पर श्रद्वासुमन अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के वयोवद्व नेता लालकष्ण आडवाणी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ कई केंद्रीय मंत्रियों और अटल जी के परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्वास्मन अर्पित किये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पूरा राष्ट्र आज एक सच्चे राजनेता को याद कर रहा है उन्होंने कहा कि अटल जी हमेशा लोगों के दिलों में बने रहेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश श्री वाजपेयी के अमूल्य योगदान के लिए आभारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देते हुए एक ट्वीट संदेश में नये भारत के निर्माण का उनका सपना साकार करने की प्रतिबद्वता दोहराई सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के लोग उनके सपनों का भारत बनाने के संकल्प के साथ उन्हें श्रद्वांजलि दे रहे हैं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्ति थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्वांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव था और उनका प्रा जीवन एक आदर्श राजनेता का उदाहरण रहा श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार लखनऊ में राज्य सचिवालय लोकभवन में स्वर्गीय श्री वांजपेयी की इक्कीस फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगी इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में कवि सम्मेलन गोष्ठियां काव्य पाठ रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी खबरों और अनुमानों को विराम दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार की ओर से न कोई इस प्रकार का प्लान है न कोई योजना है इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरे आई थीं कि केन्द्र सामान्य श्रेणी के अम्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की ऊपरी आय सीमा चरणबद्व तरीके से दो हजार बाईस तेईस तक सत्ताईस वर्ष कर सकता है प्रदेश सरकार ने राजधानी दिल्ली से जुड़े जिलों को औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर तीन दिन के प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है मेरठ और सहारनपुर मंडल आयुक्तों तथा गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद हाप्ड़ मेरठ बागपत मुजफ्फरनगर शामली और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल तीसरे दिन भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब रहा देश प्रदेश और पूरी दुनिया में आज क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर आज प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किये गये विभिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये कई जिलों में कई स्थानों पर क्रिसमस मेलों के भी आयोजन किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि महामना मालवीय ने स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान किया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की एक सौ सत्तावनवीं जयंती पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्वापूर्वक स्मरण किया गया काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के परिसर में लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर के उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अपित की वहां एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी मालवीय जी की जयंती धूमधाम से मनायी गयी